केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए प्नस्थापन योजना और दोनों कंपिनयों के विलय को सैद्वातिक मंजूरी दी है मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक प्नर्स्थापन योजना को मंजूरी दी है साथ ही दोनों कंपनियों के विलय के लिए सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है

श्री प्रसाद ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों को आर्कषक स्वैच्दिक सेवानिवृत योजना पैकेज की पेशकश की जायेगी उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां भारत की रण्नीति सम्पति है

श्री जावड़ेक्कर ने कहा क इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

हरियाणा के मुख्य चनाव अधिकारी अन्राम अग्रवाल ने बताया है कि मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किये गये है

साथ ही रूट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा का तिहरा घेरा बनाये अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा निगरानी की जा रही है स्ट्रांगरूम में वीडिया कैमरे भी लगाये गये है ताकि निष्पक्ष्ज्ञ मतगणना संभव हो सके

इन चूनावों में मुख्य मुकाबला जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जन नायक जनता दल इंडियन नैशनल लोकदल के बीच है वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवार की साख भी दाव पर लगी है

हरियाणा विधानसभा आम चूनाव के तहत सिरसा जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना चौधरी देवी लाल विश्वविदयालय में बनाये गये अलग अलग मतगणना केन्द्रों पर की जायेगी

हरियाणा के पांच विधानसभा क्षेत्रों पथला उचानाकलां बेरी नारनौत और कोसली के एक एक बृथ पर आज पुर्न मतदान हआ छ बजे के बाद मतदान केन्द्र के अंदर दाखिल हो च्के है मतदाता को वोट डालने का सयम दिया जा रहा है प्ख्ता स्रक्षा के बीच सम्पन्न इस पूर्न मतदान के दौरान कही से भी किसी गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है

आज भिवानी पंचायत भवन में मतगणना में ड्यूटी देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के रिर्टनिंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपाय्क्त डॉ मनोज कुमार ने अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इसके अलावा एक टेबल रिर्टनिंग अधिकारी व पर्यवेक्षक की लगाई जाएगी मतगणना की प्रत्येक टेबल पर तीन अधिकारी व कर्मचारी लगाए गए है प्रत्येक मतगणना टेबल पर जाली के दुसरी तरफ प्रत्येक प्रत्याशी का एक एक काऊंटिंग एजेंट भी उपस्थित रहेगा काऊंटिंग एजेंट प्रत्येक चरणों में होने वाली मतगणना को नोट करेंगे

हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने कहा कि प्लिसकर्मियों के प्रशिक्षण को और अधिक पेशेवर बनाये जाने की जरूरत है ताकि फील्ड डयूटी में जाने पर वे अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें श्री यादव आज आज हरियाणा प्लिस अकादमी मध्बन में पुलिस अधिकारियों और कमांडरों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने अकादमी की विभिन्न इकाइयों के पेशेवर पुलिस प्रशिक्षण से सम्बधित प्राथमिकताओं के बारे मे भी चर्चा की अधिकारियों को संबोधित करते हए श्री यादव ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को काननी व शारीरिक दोनों स्तर पर आध्निक बनाया जाना चाहिए यदि प्रशिक्षण कृशलता पर्वक प्रा किया हो तो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम हो सकता है

उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपराध और अपराधियों का बदलता स्वरूप सभ्य समाज में एक चूनौती है एक अच्छा प्लिस प्रशिक्षण इन च्नौतियों का पेशेवर और कृशल तरीके से सामना करने के लिए प्लिस को सक्षम बनाता है उन्होने कहा कि अकादमी में संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्लिस म्ख्यालय व सरकार द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी

इस कार्यक्रम में दिल्ली स्टूडियो मे बैठे विशेषज्ञ मुम्बई पुणे नागपुर और चंडीगढ़ के स्ट्रडियों में बैठे मीडिया विशेषजों और संवाददाताओं के साथ परिणामों बारे चर्चा करेंगे कल आकाशवाणी चंडीगढ़ दवारा भी च्नाव परिणामों पर स्बह नौ बजकर पैंतीस मिनट साढ़े ग्याहर बजे साढ़े बारह बजे व दो बजकर बीस मिनट चार बजकर पैंतीस मिनट एवं सात बजकर पचास मिनट पर विशेष चुनाव समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जायेंगे फतेहाबाद के गांव हमजप्र के पास एक अज्ञात वाहन और मोटर साईकिल की टककर में तीन लोगों की मौत हो गई हमारे संवाददादता ने बताया है कि मुकों की पहचान क्कडावाली निवासी विक्रम ठहरवी निवासी प्रहलाद और बैजलप्र निवासी सचिन के रूप में ह्ई है पुलिस मामले की जांच कर रही है अम्बाला छावनी के श्याम नगर निवासी कैप्टन इंद्रजीत सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनकी पार्थिव देह को उनके भाई लांस नायक प्रभजोत सिंह व उनके छ वर्षीय बेटे इश्मीत सिह ने म्खाग्नी दी इससे पहले सेना की ट्कड़ी ने हथियार उल्टे करके मातमी ध्न बजाकर और हवा में गोलिया दागकर शहीद को सलामी दी

काबिलेगौर है कि भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संगठन ने इसी वर्ष सात सितम्बर को चन्द्रमा के दक्षिण घ्रवीय क्षेत्र में विक्रम की ऐतिहासिक सोफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था जिस दौरान विक्रम लैंडर से सम्पर्क टूट गया था